फिलहाल मंत्रियों की संख्या को लेकर अटकलों और कयासों के बीच भाजपा सूत्रों ने बताया है कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्वे आज मंत्रिमंडल गठन का एक नया फॉर्मूला लेकर भोपाल आ रहे हैं इसके तहत मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किए जाने के साथ वरिष्ठ विधायकों को भी जगह दी जाएगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि कल मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा शपथ ग्रहण प्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज दोपहर बाद भोपाल में राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण करेंगी गौरतलब है कि राज्यपाल लालजी टंडन अस्वस्थता के चलते पिछले कई दिनों से लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती हैं इसके मद्देनजर उत्तरप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती पटेल को मध्यप्रदेश के राज्यपाल का प्रभार सौंपा गया है

डॉक्टर्स डे पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोपाल में इस अभियान का श्मारंभ किया

साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार किये गये वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

छतरपुर में टीकमगढ सांसद वीरेन्द्र कुमार और कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर अभियान की श्रूआत की आगरमालवा और इंदौर में भी आज से अभियान श्रू हो गया है इस दौरान संदिग्ध मरीजों को फीवर क्लिनिक भेजा जाएगा टीकमगढ जिले में अभियान के तहत कोविड मित्र बनाए गये हैं जो स्वेच्छिक रूप से अभियान के लिये काम करेंगे

खंडवा होशंगाबाद नरसिंहपुर रायसेन सागर उमरिया कटनी मंडला सहित सभी जिलों में अभियान की शुरूआत हो गई है

उन्होंने कहा कि मॉ बच्चे को एकबार जन्म देती है लेकिन डॉक्टर कई बार जिंदगी देता है श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं और हम कभी भी उनका कर्ज नहीं चुका सकते

केन्द्रीय मंत्री अमित शाह और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी चिकित्सकों का आभान जताया है इधर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं मुरैना जिला के चिकित्सकों द्वारा अपने चिकित्सा शिक्षा गुरूजनों को प्रणाम करते करते हुये साथी चिकित्सकों को डाक्टर्स डे की शुभकामनाऐं दीं चिकित्सकों ने अपने साथियों से अपील करते हुये अपेक्षा की है कि मानवता के लिये जारी जंग को वह निष्ठा के साथ लड़े